प्रत्येक कार्य प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित है सडक सुरक्षा केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के उदेश्य से सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कडे नियमों का प्रस्ताव किया है सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक प्रारूप अधिसुचना लेकर आया है अधिसूचना के अनुसार सड़कों पर अन्य गाडियों के साथ चलने वाले सड़क निर्माण वोंहनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे इनमें ऐसे वाहनों के ऊपर अलार्म लगाने इन वाहनों को चलाने वाले लोगों के लिए व्यापक दृश्यता सुविधा और ऑपरेटर स्टेशन तथा रख रखाव क्षेत्र को जरूरी बनाया गया है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

नमो एप फोरम या माईजीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

भारी बारिश से कई जिलों में जलापूर्ति परियोजनाएं भी बाधित हई हैं मौसम विभाग ने आज व कल मैदानी तथा मध्यपर्वतीय भागों के अधिकांश स्थानों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर कोरोना महामारी से जुडी खबर को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है

अमर उजाला के शब्द हैं नेरचौक अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला का सफल प्रसव नवजात की रिपोर्ट आई निगेटिव

हिमाचल दस्तक लिखता है कोरोना संकट के लिए वितीय राहत को दिल्ली पहुंचे सीएम दलाई लामा की जासूसी में शामिल था चीनी नागरिक शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है एक इजार करोड़ के हवाला रैकेट में हुआ था गिरफ्तार दैनिक भास्कर के अनुसार दलाई लामा की जासूसी करने को आरोपी ने लुटाए पैसे धर्मशाला भी आता रहता था हिमाचल देस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से सुर्खी दी है सितंबर के अंतिम हफ्ते में होगा अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन वहीं आपका फैसला का कहना है रोहतांग सुरंग का उद्घाटन सितंबर माह में